एक ही दिन में नालंदा जिले से सत्रह मामले सामने आये

और उत्तर बिहार के कई जिलों में तेज आंधी और बारिश से व्यापक नुकसान

कल नालंदा जिले के बिहारशरीफ में एक ही परिवार के सोलह सदस्य संक्रमित पाये गये इसके अलावा सदर प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी को भी प्रभावित पाया गया है नये संक्रमित लोगों में सात महिलाएं और दस प्रुष शामिल हैं इसके बाद नालंदा जिले में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर अट्ठाईस हो गयी है कोविड उन्नीस के मद्देनजर सरकार ने बिहार शरीफ इलाके को सील कर दिया है और जिले को अलर्ट पर रखा है प्रदेश में अब तक पैंतालीस लोग उपचार के बाद ठीक हो गए जबकि दो लोगों की मौत हो गई इधर नालंदा जिले के जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक और सिविल सर्जन समेत कुल उनासी लोगों के स्वाब सैंपल की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है वहीं देश भर में कोविड उन्नीस से संक्रमित लोगों की संख्या बढकर अठारह हजार सौ एक हो गयी है अब तक इलाज के बाद देश भर में तीन हजार दो सौ बावन लोग स्वस्थ हो चुके हैं वहीं इस महामारी से पांच सौ नब्बे की मृत्यु हुई है गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लॉकडाउन संबंधी संशोधित दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की है मंत्रालय ने पत्र में कहा है कि कुछ राज्य ऐसे कार्यों की अनुमति दे रहे हैं जो गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों में नहीं दिए गए हैं मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि लॉकडाउन के उल्लंघन की खबरें मिल रही हैं जिनसे लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है और कोविड उन्नीस के फैलने का जोखिम उत्पन्न हो सकता है कोरोना के इलाज से सीधे तौर पर जुड़े स्वास्थ्यकर्मियों पर हिंसा परस्पर सुरक्षित दूरी के पूरी तरह से उल्लंघन और शहरी क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही की घटनाएं हुई हैं इधर राज्य के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने लोगों से लॉक डाउन के अनुपालन में सहयोग की अपील की है उन्होंने कहा कि केवल क्छ क्षेत्रों के लिए ही लॉक डाउन में छूट दी गयी है

उन्होंने कहा कि खेती बाड़ी को लॉकडाउन से छूट दी गई है हालांकि परस्पर सुरक्षित दूरी का पालन करना होगा कोविड उन्नीस लॉकडाउन के बावजूद किसानों की मांग को पूरा करने के लिए उर्वरकों का उत्पादन हो रहा है रसायन और उर्वरक मंत्री ने कहा है कि सरकार समय से पहले किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि देश में उर्वरक पर्याप्त मात्रा में मौजूद है और घबराने की आवश्यकता नहीं है

यह कदम उर्वरक और रसायन मंत्रालय द्वारा आगामी खरीफ मौसम के लिए किसानों को उर्वरक की प्रयाप्त उपलब्धता कराने के लिए की गई प्रतिबद्धता के अनुरूप है क्योंकि उर्वरकों की रवानगी समान्य काल के दौरान होने वाली रवानगी के साथ मेल खा रही है केंद्र सरकार ने देश में उर्वरक संयंत्रों के चालन की अनुमति दी है ताकि लॉकडाउन के कारण कृषि क्षेत्र को नुकसान न हो सुपर्णा सैकेया के साथ भूपेंद्र सिंह आकाशवाणी समाचारदिल्ली भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि रैपिड एंटी बॉडी जांच का उपयोग अलग अलग व्यक्ति की जांच के लिए नहीं किया जाता क्योंकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कोरोना वायरस से मुक्ति के लिए एंटी बॉडी कितना कारगर होगा परिषद के एक अधिकारी ने कहा कि इसका उपयोग निगरानी के लिए किया जा सकता है और लगातार अशुद्धि पाए जाने पर भी संक्रमण प्रवृत्ति के आकलन में कोई फर्क नहीं पड़ता

इनको टेस्ट किया गया था कि जो उनकी सॅसिटीविटी स्पेसिविटी क्लेमड है यो उसके कॉफिडेंस की रेंज में है क्या उसमें यो ठीक पाए गए हैं ये पीजीआई किट यूएसएफडी अफ्रूवड है इसका क्यालिटी स्टैंडर्ड काफी अच्छे हैं

यो नाइसर में हैं कोलकाता में

राज्य सरकार ने लॉकडाउन में अन्य बीमारियों से परेशान मरीजों का ध्यान रखते हुए सभी निजी अस्पतालों नर्सिंग होम क्लिनिक एवं पैथोलॉजी लैब को तत्काल प्रभाव से खोलने का आदेश दिया है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने इन संस्थानों में स्वास्थकर्मियों पर्याप्त मात्रा में दवा और उपकरण की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है इन स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने के साथ ही चिकित्सकों एवं स्वास्थकर्मियों के लिए पीपीई किट मास्क और ग्लब्स तथा मरीजों के लिए मास्क की उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है केंद्र ने उन खबरों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि रेल मंत्रालय की लॉकडाउन के मद्देनजर तेरह लाख से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन काटने की योजना है एक टवीट में पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि यह दावा झूठा है और रेल मंत्रालय की ऐसी कोई योजना नहीं है लॉक डाउन के दौरान दूसरे राज्यों में आवाजाही के लिए ई पास निर्गत करने का अधिकार अब जिलाधिकारी को दे दिया गया है लॉक डाउन में रियाायत के तहत दूसरे राज्यों के लिए कारोबारी पास भी जारी किये जायेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉक डाउन की अवधि में चलाये जा रहे आपदा राहत केन्द्रों पर बर्तन कपड़ा और दूध भी लोगों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिया है उन्होंने पटना में अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि जो लोग खुद अपना खाना बना रहे हैं उन्हें पैसा भी दिया जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ राहत शिविरों की तरह ही कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए चलाये जा रहे शिविरों में भी सुविधाएं मुहैया करायी जानी चाहिए उन्होंने लोगों से बचाव और राहत कार्यों को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों से सतर्क रहने की अपील की सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ढाबों और ट्रकों की जानकारी देने के लिए एक डैशबोर्ड की शुरुआत की है

मंत्रालय का कहना है कि इसका उद्देश्य ट्रकों से माल दुलाई कर रहे चालकों और सफाईकर्मियों के लिए यात्रा को आसान बनाना है इसके लिए संबंधित पक्षों के साथ नियमित रूप से संपर्क रखा जा रहा है

विशेषज्ञों ने स्वच्छता और सोशल डिस्टेंसिंग को कोरोना संक्रमण से बचाव में महत्वपूर्ण बताया है आकाशवाणी से बातचीत में नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों को कोविड उन्नीस के फैलाव को रोकने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखना तथा हाथों से स्वच्छता मानकों का पालन करने की सलाह दी है बाईट गुलेरिया सोशल डिस्टेंसिंग हेंड वॉशिंग भी हम पूरी तरह से करें हम यह नियम बना लें कि हम आगे से चाहे वो थ्कना हुआ चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो चाहे जब भी घर आए तो हाथ धोंए जब भी किसी से मिलें तो हाथ जोड़कर मिलें और हेंड वॉशिंग रेगुलेरी करें इससे कोविड ही नहीं और इंफेक्शन जैसे स्वाइन फ्लू हैं या टीबी हैं ये भी हमारे देश में कम होंगे चिकित्सकों का कहना है कि गंभीर रोगों से ग्रसित लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डॉ नरेश गुप्ता ने बताया कि ज्यादातर मामलों में कोविड उन्नीस संक्रमण स्वयं तक ही सीमित है

उसकी वजह से उनके लिए ये जानलेवा हो सकता है ये शुरू की रिपोर्ट थी जिसके बेसिस पर ये मानना था जैसे जैसे और रिसर्च आई ये देखा गया कि सिर्फ बुजुर्ग नहीं यंग एडल्ट भी जो हैं उसमें बहुत प्रभावित होते हैं ये किसी को नहीं मानकर चलना चाहिए कि आपकी उम्र यंग एडल्ट है तो आप उससे प्रभावित नहीं होंगे इसलिए आप जो हैं कहीं पर भी बाहर घूम सकते हैं चाहे लॉज ब्रेक कर सकते हैं कोई प्रिवेंशन नहीं करेंगे आपके हित में नहीं हैं और दूसरे के हित में भी नहीं है

राज्य सरकार ने लॉक डाउन के दौरान सरकारी कार्यालयों के समय में बदलाव किया है राज्य के सभी सरकारी कार्यालय सुबह साढ़े दस बजे से शाम साढ़े चार बजे तक खुले रहेंगे सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि कार्यालयों मे बैग और थैला लाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जबकि सभी कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है प्रदेश के कई इलाकों में कल देर रात तेज आंधी और बारिश से व्यापक क्षति हुई है हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि दरभंगा मधुबनी बेगूसराय खगड़िया सीतामढ़ी पूर्णिया कटिहार रोहतास पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले में मुसलाधार बारिश और आंधी के कारण मक्के और अन्य फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है गेहूं की पकी हुई फसल को भारी क्षति हुई है कई स्थानों पर पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गये हैं कच्चे घरों को भी क्षति पहुंची है दरभंगा से हमारे संवाददाता ने बताया कि कल शाम से ही लगातार बारिश हो रही है

अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने नालंदा जिले में कोरोना के सत्रह नये मरीज मिलने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने इस खबर का शीर्षक बनाते हुए लिखा है बिहार में सत्रह नये संक्रमित मिले सोलह एक ही परिवार के दैनिक भास्कर की सुर्खी है केन्द्र ने कहा जयपुर इंदौर और मुम्बई का बुरा हाल बिहार में बिहारशरीफ नया हॉट स्पॉट दैनिक जागरण ने लॉक डाउन के दौरान मिली छूट को सुर्खी बनाते हुए लिखा है अब बाढ़ प्रबंधन और सिंचाई की योजना पर काम शुरू प्रभात खबर ने कोरोना मामले से जुड़ी रिपोर्ट को लेकर लिखा है कि पटना एम्स में कोरोना की जांच ने उलझाया दैनिक आज की सुर्खी है चार हजार पैक्स के पीडीएस लाईसेंस निलंबित

एक ही दिन में नालंदा जिले से सत्रह मामले सामने आये

और उत्तर बिहार के कई जिलों में तेज आंधी और बारिश से व्यापक नुकसान